केन्द्र सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए कैडर की समीक्षा को दी मंजूरी संजीविनी केडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में एक हजार करोड़ रूपए के घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार भरतपुर में आज से सेना भर्ती रैली शुरू विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और उम्मीद है कि एक दिन वह भी भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभुषण जाधव मामले में जयशंकर ने कहा कि भारत का उद्देश्य उनका हालचाल जानने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित करना था लद्दाख में पैंगाग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव पर विदेश मंत्री ने कहा कि वहां टकराव था और उसे हल कर लिया गया है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं वास्तंविक नियंत्रण रेखा के बारे में अलग अलग धारणा के कारण होती हैं विदेश मंत्री ने कहा कि अमरीका में ह्यस्टोन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति भारतीय अमरीकी समुदाय के लिए सम्मान की बात है और एक बडी उपलब्धि भी है

रक्षा मंत्रालय के अनुसार सोमवार को ओडिशा के तट पर किए गए परीक्षण में सुखोई से दागी गई मिसाइल ने हवा में निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया

इससे सिपाही से लेकर निरीक्षक रैंक के दो लाख से भी अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति में बड़ा फायदा होगा जो लंबे समय से एक ही पद पर थे

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि बाड़मेर जिले के रामसर तहसील के इन्द्रोही गांव निवासी विक्रमसिंह के खिलाफ लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी करने में का मामला दर्ज किया गया है

जैसलमेर जिले में मंगोलिया चीन और कजाकिस्तान से आये विदेशी मेहमान पक्षी कुरजां ने लाठी के पास खीचन गांव में दस्तक दे दी है धीरे धीरे क्रजां के झूंड खीचन पहुंचने लगे हैं क्रजा पक्षी हर साल सितम्बर महीने में लाठी के आसपास के गांवों में पहुंच जाते हैं तथा मार्च में गर्मी की शुरुआत के बाद उड़कर अपने वतन वापस ेचले जाते है

पहले दिन पहाड़ी और कामां क्षेत्र के युवाओं की दौड़ आयोजित की गई

राजधानी जयपुर में कल मौसम में अचानक बदलाव आया

तेज चली आंधी के कारण कल कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने के समाचार भी मिले हैं उधर धौलपुर चंबल नदी का जलस्तर कल रात से धीरे धीरे कम हो रहा है इससे जिला प्रशासन को राहत मिली है

मुख्य समाचार विदेश मंत्री एस जय शंकर ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग केन्द्र सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए कैडर की समीक्षा को दी मंजूरी संजीविनी केडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में एक हजार करोड़ रूपए के घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार भरतपुर में आज से सेना भर्ती रैली शुरू